प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी तालाबंदी हटाने के पहले के बाद दो सप्तह में देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ जायेगी

आज प्रधानमंत्री ने पंजाब हिमाचल और चंडीगढ़ सहित पूर्वोतार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत की प्रधानमंत्री ने बातचीत श्रूआत करते हये कहा कि सरकार द्वारा समय पर लिये गये फैसले के फलरूवरूप देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद मिली है

उन्होंने कहा कि इस ने सहयोगात्मक संघवाद का एक मिसाल प्रस्तुत की है श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह से हज़ारों भारतीय विदेशों से स्वदेश लौटे है और हज़ारों प्रवासी श्रमिक अपने घर पहंचे है

भारतीय सेना ने कहा है कि कल रात लददाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिसंक झड़प में इसका एक अधिकारी और दो सिपाही शहीद हो गये एक बयान ने सेना ने कहा कि इस झड़प में दोनों सेनाओं का जानी न्कसान हआ है सेना ने कहा कि दोनो देशों के वरिष्ठ सेना अधिकारी इस मामले को सुलझाने के लिए बैठक कर रहे है एक बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर चीफ ऑफ डिफैंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रम्खों के साथ स्थिति की सीमा की इसके बाद रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस मुद्दे बारे जानकारी दी सरकार ने इस खबरों का खंडन किया है कि केन्द्र ने अपने कर्मचारियों के वेतन में वृदवि अगले साल तक स्थगित कर दी है पत्र सूचना कार्यालय ने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट एपीएआर से सम्बधित और इसका कर्मचारियों की वेतन वृद्वि से कोई सम्ब्ध नहीं है इसने कहा है कि इस रिपोर्ट की गलत व्याख्या की गई है

स्वासथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने आज यह जानकारी देते हये बताया कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद इन चिकित्सा अधिकारियों को निय्क्त किया जा रहा है ये चिकित्सक मार्च में हई भर्ती की प्रतीक्षा मेरिट सूची में थे

श्री जिव ने कहा कि एकीकृत नियुक्ति पत्र विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा

सिरसा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेन्द्र नैन ने बताया कि आज जिले में संक्रमण के तीन नये मामले सामने आये है इनमे दिल्ली से लौटा भरोखां का एक य्वक और डबवाली का एक ब्ज्र्ग दम्पति शामिल है पहले इस दम्पति का प्त्र भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था पंचक्ला में आज पांच लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि ह्ई है

इसके इलावा एक महिला पंचक्ला से है जो राजप्रा में किसी के अंतिम संस्कार से लौटी है

सिविल सर्जन डॉ विजय दहिया ने बताया कि आज मिले मरीज़ों में से तीन मॉडल टाऊन दो न्यू मार्केट और दो लाजपत नगर से है एक मरीज़ आज़ाद नगर एक छछरौली और दो सढौरा से है भिवानी से डॉ राजेश ने आज कोरोना संक्रमण के पांच मामले सामने आने की जानकारी दी है इनमें से एक भिवानी शहर से और अन्य विभिन्न गांवों से है

हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल कल सुबह चंडीगढ़ से सिरसा के किसान भवन में बनी अटल किसान मज़दूर कैंटीन का ऑनलाइन उदघाटन करेंगे सिरसा में बिजली मंत्री रंजीत सिंह व लोकसभा सांसद स्नीता द्ग्गल इस अवसरपर मौजूद रहेंगे

कैंटीन में भोजन महिला स्वय सहायात समूह द्वारा तैयार किया जायेगा

उसके परिवार के चार सदस्यों के भी जांच के लिए नमूने लिये गये है

आय्ष मंत्रालय लोगों को विभिन्न सांधनों के माध्यम से योग सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है इसके लिए योग पोर्टल सोशल मीडिया प्लेटफाम और टेलीविज़न का उपयोग किया जा रहा है

दूरदर्शन पर इसका सीधा प्रसारण किया जायेगा

प्लिस ने इस मामले मे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसकी पहचान गांव गिरावर के निवासी सचिन के तौर पर हुई है